राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक राज्य में सर्दी का असर बढ़ा पिछले दो दिनों में कुछ स्थानों पर हुई बरसात फसलों के लिए बताई जा रही है फायदेमंद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

यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल परीक्षण है भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है कोवैक्सीन के पहले और दूसरे क्लीनिकल परीक्षण में एक हजार विषयों का विश्लेषण किया गया था भारत बायोटेक आईसीएमआर और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है

वहीं कल संक्रमण के दो हजार एक सौ उनत्तर नए मामले सामने आए राजधानी जयपुर में पिछले पांच दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के साढे चार सौ से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत आज सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश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

राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कल लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया श्री मेघवाल के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने शोक प्रकट किया है श्री मेघवाल के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है आज राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा

प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा उनके घर पर या उसके पास मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराएं हैं इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाणपत्र पूरी तरह वैध होंगे हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशनभोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाणपत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

जयपूर में बस्सी थाना पूलिस ने कल हजारों किलो सिंथेटिक पनीर सप्लाई के लिए ले जाते तीन पिकअप को पकड़ा है पनीर की खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है